मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा गुर्जर समाज को बातचीत के लिये आगे आना चाहिये सरकार शांतिपूर्ण माहौल में बातचीत के लिये तैयार

यह आंदोलन धीरे धीरे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों मे फैल रहा है

जाम के चलते इस मार्ग पर वाहनों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है इधर कल धौलपुर में हुए उग्र आंदोलन के बाद आज जिले के भूतेश्वर पुल के पास बाडी बसेडी मार्ग पर आंदोलनकारियों ने जाम लगा दिया

श्री गहलोत ने कल दिल्ली से लौटने के बाद पत्रकारों से कहा कि गुर्जर समाज को बातचीत के लिये आगे आना चाहिए रेलवे लाइन पर धरना देना उचित नहीं है सरकार सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल में बातचीत के लिये तैयार है उन्होंने कहा कि धौलपुर में हिंसक घटना असामाजिक तत्वों द्वारा की गई है इसकी जांच कराई जायेगी उधर धरनास्थल पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि उनकी मांग बिलकूल सही है और मांगें पूरी होने तक वह महापड़ाव समाप्त नहीं करेंगे पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था एम एल लाठर ने पत्रकारों को बताया कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिये माकल व्यवस्था की गई है संवेदनशील स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है जनता को अफवाहों से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है इधर राज्य सरकार की ओर से गठित समिति के सदस्य पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह सहित अन्य सदस्य कल पूरे दिन वार्ता के लिये सवाईमाधोपुर में गुर्जर समाज के प्रतिनिधि मंडल का इंतजार करते रहे लेकिन वार्ता नहीं हो सकी आंदोलन के असर को देखते हुए राज्य के कई पूर्वी जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं दिल्ली मुम्बई मार्ग पर रेलगाड़ियों की आवाजाही पिछले तीन दिन से बाधित है रेलवे ने कई गाडियों के मार्ग बदले हैं कई गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है रेल यात्रियों की सुविधा के लिये रेलवे ने हैल्पलाईन नम्बर जारी कर दिया है जिसके जरिये गाडियों के बारे में जानकारी दी जा रही है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज इसका औपचारिक उदघाटन किया इस बार सम्मेलन का विषय है नवाचार और सहयोग के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा के नये स्वरूप को आकार देना

कल बैंगलूरू में एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने संसद और विधानसभाओं के सुचारू कामकार्ज के लिए आचार संहिता तैयार करने की अपील की

कंपनी के निदेशक वाणिज्य अमिताभ ग्रप्ता ने कल उदयपुर में बताया कि इस संयंत्र से न केवल ठोस अपशिष्ठ जेरोसाईट का उत्पादन शून्य हो जाएगा बल्कि पर्यावरण सरंक्षण के लिए भी यह एक नवाचार साबित होगा

चंदेरिया संयंत्र से निकलने वाले अपशिष्ट से जो स्लैग निकलेगा उसका उपयोग सीमेंट उद्योगों द्वारा किया जाएगा

हमारे संवाददाता ने बताया कि उदयपुर से सीधे कामाख्या देवी मंदिर तक की ट्रेन को सिटी स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा आज दोपहर साढे तीन बजे सिटी स्टेशन पर इस एक्सप्रेस का उदयपुर तक का विस्तार और फुटओवर ब्रिज का लोकार्पण सांसद अर्जुन लाल मीणा चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी भीलवाड़ा सांसद सुभाष चंद्र और उदयपुर विधायक गुलाबचंद कटारिया करेंगे